महिलाओं को आजीविका अर्जित करने में मदद के लिए दो वर्ष में पचहत्तर लाख स्वयं सहायता समूह बनाने की योजना बना रही है केन्द्र सरकार केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत की आर्थिक विकास दर है मजबूत आज प्रदेश भर में उत्साह उमंग और हर्षोल्लास के वातावरण में मनायी जा रही है होली

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर हर्षवर्धने ने कल नई दिल्ली में कोरोना वायरस की रोकथाम और प्रबंधन के लिए आयोजित समीक्षा तथा समन्वय बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में यह आश्वासन दिया डॉक्टर हर्षवर्धन ने संक्रमित रोगी के संपर्क में आये लोगों का पता लगाने सामुदायिक निगरानी अस्पताल प्रबंधन आइसोलेशन वार्ड बनाने और बीमारी के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाने जैसी गतिविधियों में विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच तालमेल की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने कहा कि भारत में तत्काल कदम उठाये जाने और तालमेल के साथ किये गये प्रयासों से सरकार इस वायरस के फैलाव को रोकने की स्थिति में है उसको कैसे कन्टेन करना है उस दृष्टि से हमने बहुत विस्तार से दिल्ली सरकार के अधिकारियों से और मुख्यमंत्री के सम्ब विषय रखा है आप अगर भारत में इतने बड़े देश में हम दो मेहीने के बाद स्थिति को काबू में रखने की परिशिति में हैं तो उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि समय से पहले हमने कल्पना करके और बहुत सारी चीजों की तैयारी शुरू की केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी तरह की पूछताछ के लिए हेल्पलाइन नम्बर शून्य एक एक दो तीन नौ सात आठ शून्य चार छ और ई मेल आई डी एन सी को वी दू थाउजेन्ट नाइन्टीन ऐट द रेट आफ जी मेल डाट काम जारी की है देश में नोवेल कोरोना वायरस कोविड नाइन्टीन के चार और मामलों की पुष्टि हुई है और अब तक तैंतालीस लोग इससे संक्रमित पाए गये हैं कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के विशेष सचिव संजीव कुमार ने बताया कि नये चार मामलों की पुष्टि उत्तर प्रदेश दिल्ली केरल और जम्मू में हुई है उन्होंने बताया कि इन चार रोगियों में से तीन इटली से और एक ईरान से आये हैं श्री कुमार ने बताया कि अभी तक आठ हज़ार दो सौ पचपन उडानों से आये आठ लाख चौहत्तर हज़ार से ज़्यादा यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई है और एक हज़ार नौ सौ इक्कीस लोगों में इस वायरस के लक्षण पाये गये हैं इस बीच प्रदेश के मृख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से साक्षानी बरतने का आहवान किया है श्री योगी ने कहा कि कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है राज्य सरकार ने हर ज़िले में संदिग्ध मरीज़ों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया है जहा उनके इलाज की पूरी व्यवस्था की गयी है

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में कहा कि यह समूह ग्रीबी उन्मूलन कार्यक्रम का आधार है देश में साठ लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह हैं सरकार इन समूह की महिलाओं को आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण और वित्तीय मदद दे रही है और बैंकों से आसान कर्ज़ की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है केन्द्र सरकार अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए कई योजनायें चला रही है अल्प संख्यक कार्य मंत्रालय के अनुसार ग़रीब नवाज़ स्वरोजगार योजना सीखो और कमाओ योजना तथा नई मंज़िल योजना के तहत चार लाख से ज्यादा महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराये गये हैं रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा राशि की सुरक्षा को लेकर तमाम चिंताओं को खारिज करते हए कहा है कि वह सभी बैंकों की गतिविधियों पर निर्धारित मापदंड के अनुसार निगरानी रखता है उसने कहा कि मीडिया के कुछ वर्गों में बैंकों की बाज़ार पूंजी के आघार पर उनकी ऋण शोधन क्षमता को लेकर भ्रामक विश्लेषण किया जा रहा है रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि बैंकों की ऋण शोधन क्षमता जोखिम के प्रति उनकी पर्याप्त पूंजी के अनुपात पर आधारित है न कि उनके शेयरों के बाज़ार मूल्य पर केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत की आर्थिक विकास दर मजबुत है कल रायपुर में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सी बी डी टी केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सी बी आई सी और भारतीय उद्योग परिसंघ सी आई आई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित संवाद कार्यक्रम में श्री ठाक्र ने व्यापारियों और उद्योगपतियों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया उन्होंने बैंकिंग संबंधी लेन देन के लिए लोगों से भीम यू पी आई का इस्तेमाल करने का भी आग्रह किया रंगो का त्योहार होली आज प्रदेश भर में परम्परागत ढंग से हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है लोग विशेष रूप से युवा और बच्चे रंग गुलाल और अबीर लेकर अपने घरो से निकल पड़े हैं तथा एक दूसरे को रंगो से सराबोर करते हुए उत्साहपूर्वक होली मना रहे हैं अयोध्या में होली का उत्साह चरम पर है अयोध्या के प्रमुख मंदिरो में रंगमरी एकादशी के दिन से ही होली शुरू हो जाती है होली के अवसर पर आज वहां सुरक्षा के कडे प्रबंध किए गये हैं वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कल देर शाम ज्यों ही होलिका में अग्नि प्रज्जवलित हुई युवकों की टोलियाँ धिरकने लगीं और अबीर गुलाल उड़ा कर एक दुसरे को रंगों से सराबोर कर दिया द्व इसके बाद होलिका पर महिलायों ने हल्दी आदि मिश्रित जलघार से अर्ष रिया और अबीर गुलाल सहित स्व निर्मित पकवान वद्वाकर परम्परागत ढंग से बल्ला अभ्नि में समर्पित किया च अयोध्या में होती खेतने की परंपरा प्राचीन है य जिसमें संत्रक्त और भगवान के मध्य होती खेती जाती है य इसी परंपरा के निर्वहन में कल मॉदेरों में फूलों की होती खेली गई और आज ज्यों ज्यों आसमान में सूरज की तपिस बढेगीअयोध्या की सड़कों और मंदिरों में रंगों की होगी बौछार राजेंद्र सोनी आकाशवाणी समाचार अयोध्या प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को होली पर्व की श्मकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने कहा है कि होली का पावन पर्व हमें सारे भेद भाव भुलाकर आपसी सद्भाव के साथ त्योहार मनाने का संदेश देता है मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा है कि होली का पर्व प्रदेशवासियों के जीवन में आपसी प्रेम सदभावना बढ़ाने के साथ साथ खुशहाली भी लाती है इस बीच कल देर शाम होलिका दहन किया गया गांवों कस्बों और शहरो में लोगों ने एकत्र होकर होलिका दहन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया तथा एक दूसरे को होली के पर्व की बधाई दी होली के मददेनजर पूरे प्रदेश में प्रशासन अलर्ट है सभी जिलों में शरारती तत्वों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगाह रखी जा रही है इस सम्बंध में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हितेश चन्द्र अवस्थी ने आश्यस्त किया है कि प्रदेश में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतिजाम किए गये हैं इस बीच स्वैच्छिक संस्थाओं और चिकित्सा विशेषज्ञों ने लोगों से हर्बल गुलाल से होली खेलने का आहवान किया है लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुर्यकांत ने गीले रंगों से होली न खेलने की अपील की है उन्होंने इससे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव का जिक करते हुए कहा कोरोना वायरस के चलते हमारे देश में बहुत हाहाकार मचा हुआ है तो थोड़ी सी साक्वानी के साथ होती मनाये कृपया गीले रंगों की होती न मनाएं

कोरोनो वायरस क्या है कि कम तापमान और ठंडक में नमी में ज्यादा रू करता है गरमी से डरता है तो पहला तो मेरा विनम्न निवेदन है कि कोरोना से घबरायें नही तेकिन सजग रहें अगर आप पानी के कतर से होती खेलेंगे तो आपका जो गला है आपका जो सरीर है आपका जो वातावरण आपके सरीर का है वह थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जायेगा नमी हो जायेगी और यह कोरोना को मल्टीप्लाई करने में सहायक सिद्ध होता है देशवासियों के पोषण स्तर में सुधार के लिए केन्द्र सरकार पोषण अभियान का प्रमुख कार्यक्रम चला रही है इसके अतर्गत बच्चों बालकों गर्मवती स्त्रियों और दुग्धपान कराने वाली मातओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है यह कार्यक्रम सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका पता इस बात से चलता है कि चौदह केन्द्रीय विभाग और सभी राज्य सरकारे पोषण अभियान में भागदारी कर रही हैं प्रदेश में पोषण पखवाड़े की शुरुआत सभी जिलों में हो गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला दिवस के मौके पर दो जिलों में इसका शुभारंभ किया